कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 रंगों का त्योहार होली आज देश के विभिन्न भागों में पूरे उल्लास के साथ मनाया जा रहा है हालांकि सरकार ने सभी से घरों में रहकर त्योहार मनाने की अपील की है यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है होली बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है देशभर में कल शाम पारंपरिक रूप से होलिका दहन किया गया होली का त्योहार समानता और भाई चारे का संदेश देता है समाज के सभी धर्मो जाति संप्रदाय और आयु वर्ग के लोग ये त्योहार बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं राष्ट्रापति रामनाथ कोविंद ने होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि होली सामाजिक सद्भाव का त्योहार है जो लोगों के जीवन में उल्लास प्रसन्नता और आशा का संचार करता है उन्होंने कहा कि होली का त्योहार एकता और भाईचारे का संदेश देता है साथ ही नए भारत के निर्माण में लोगों को साथ आने के लिए प्रेरित करता है राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि यह त्योहार राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत करेगा जो कि भारत की सांस्कृतिक विविधता को लिए महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की श्रभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा है कि आनंद उमंग हर्ष और उल्लास का यह त्योहार हर किसी के जीवन में नये जोश और नई उर्जा का संचार करे विदेशी नेताओं ने भी होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामना संदेश भेजे हैं अमरीका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों को होली की श्भकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा कि होली का त्योहार उल्लास और सकारात्मकता से भरा है सुश्री हैरिस ने कहा कि यह त्योहार अपने मतभेदों को अलग कर एकसाथ आने का त्योहार है अमरीका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने भी इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में कई धर्मों को मानने वाले लोग एकत्र होकर होली का त्योहार मनाते हैं और हर किसी को यह याद रखना चाहिए कि हमें जोड़ने वाला हमारे मतभेदों से अधिक बड़ा है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को होली के अवसर पर शुभकामनाएं दी है ट्वीटर पर अपने संदेश में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हिंदू समुदाय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सभी लोगों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दीं राजधानी रांची सहित राज्यभर में आपसी भाईचारे और सौहार्द का पर्व होली हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है हालांकि राज्य सरकार की ओर से बढ़ते कोरोना संकमण को देखते हुए आम लोगों से अपील की गई है कि वे अपने घरों में ही रहकर त्योहार मनायें और भीड़ भाड़ से बचें राजधानी रांची में सभी चौक चौराहों पर विधि व्यवस्था संधारित करने के लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है वरीय पुलिस अधिकारी भी सुबह से ही शहर का निरीक्षण कर रहे हैं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं

आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है उन्होंने कहा कि सौ वर्ष से अधिक उम्र के बहत से लोगों ने टीके लगवाये हैं और घर के बुज़ुर्गों में टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आता है श्री मोदी ने कहा कि सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र याद रखना चाहिए कि दवाई भी कड़ाई भी प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च में देशवासियों ने पहली बार जनता कर्फ़यू शब्द सुना और लोगों ने अनुशासन का अभूतपूर्व उदाहरण पेश किया

भारत ने रिकार्ड समय में छह करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है

राज्यभर में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना के तीन सौ चौदह नये संक्रमित मिले हैं इसमें सर्वाधिक रांची में एक सौ बिरासी हैं वर्तमान में राज्य में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक हजार छह सौ छत्तीस हो गई है कल छिहत्तर कोरोना सकमित स्वस्थ हुए प्रदेश में कोरोना संकमितों के स्वस्थ होने की दर संतानबे दशमलव पांच सात प्रतिशत है इधर राज्य के सभी जिलों में एक बार फिर जांच तेज कर दी गई है

सर्दियों के लगभग चार महीने के अंतराल के बाद इसे कल फिर खोला गया और इसके साथ ही लद्दाख सड़क मार्ग के जरिये पूरी दुनिया से फिर जुड़ गया

भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिक्किम से जोडा गया है आकाशवाणी से बातचीत में सिक्किम के स्थानिक आयुक्त अश्वनी कुमार चंद ने बताया कि इस अभियान के जरिए राजधानी और सिक्किम के विद्यार्थी एक दूसरे की भाषा और संस्कृति को समझने का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने यह भी बताया कि महामारी के चलते बहुत सी गतिविधियां वर्चुअल माध्यम के तहत आयोजित की जा रही हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल से दिल्ली और सिक्किम के बीच एकता का नया सूत्रपात हुआ है काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बीएचयू के उपकुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उपकुलपति के पद से सेवा मुक्ता हो गये शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बीएचयू अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के रेक्टार प्रोफेसर विजय कुमार शुक्ला उपकुलपति कार्यालय का काम काज करते रहेंगे

पच्चीस मार्च को झारखंड ने मेजबान हरियाणा को पेनाल्टी शूटआउट में एक के मुकाबले तीन गोलों से पराजित कर झारखंड के लिए पहली बार गोल्ड मेडल जीता सिमडेगा जिले में तीन अप्रैल से शुरू होने वाले राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी चैम्पियनशिप के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी गई है जिले के उपायुक्त सुशांत गौरव ने कल आयोजन स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया इस अवसर पर हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह भी उपस्थित थे उन्होंने बताया कि आयोजन स्थल में दर्शक दीर्घा का निमार्ण किया जा रहा है कोरोना से बचाव को ध्यान में रखते हुए चैम्पियनशिप का आयोजन होगा

करन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया भारत की ओर से शार्दल ठाकर ने चार जबकि भुवनेश्वर कुमार ने तीन विकेट लिए

इंग्लैंड की ओर से मार्कवुड ने तीन और आदिल रशिद ने दो विकेट लिए इंग्लैंड के जॉनी ब्रेयस्टॉ को मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया

विराट कोहली के नेतृत्व में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में हराया